कटिहार किशनगंज पूर्णिया भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल के जवान तैनात किये जा रहे हैं बाईट स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है सुरक्षा की दृष्टि से अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी तैनात किया गया है मतदान सुबह सात बजे से लेकर शामब छह बजे तक होगा सिर्फ बांका जिले के नक्सल प्रभावित कटोरिया और बेलहर में मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे समाप्त हो जायेगी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्णिया में हेलीकाप्टर तैनात रहेगा और एक एयर एम्बुलेंस को भी पटना में अलर्ट पर रखा गया है वहीं एक सौ साठ मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का प्रसारण किया जायेगा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेन्दु प्रियदर्शी पचासी लाख बावन हजार से अधिक मतदाता पांच संसदीय क्षेत्रों में तीन महिला प्रत्याशियों समेत अड़सठ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी प्रमुख हैं पूर्व मंत्री दुलालचंद्र गोस्वामी पूर्णिया के निर्वतमान सांसद संतोष कुशवाहा और किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और जदयू के महमूद अशरफ के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा एआईएमआईएम के अख्तरूल इमान भी किशनगंज संसदीय क्षेत्र से चूनाव मैदान में हैं चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयूक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयूक्त बैंक पासब्रक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी दूसरे चरण के चुनाव के दिन कल संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है दूसरे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग नियंत्रण कक्ष के द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण छह वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है श्री अशरफ फातमी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे दिया था श्री फातमी ने घोषणा की है कि वह मधुबनी लोकसभा सीट पर महागठबंधन के उमीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे इस बीच आरजेडी प्रमुख तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जो भी पार्टी विरोधी गातिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी पूर्व केन्द्रीय मंत्री दसई चौधरी ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से इस्तीफा देकर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर शाही ने यह जानकारी देते हये बताया कि श्री चौधरी हाजीपूर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने बिहार में बीस सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है सासाराम में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सिद्धनाथ राय ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी

पूर्व कोन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है इस चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है बारह मई को होने वाले छठे चरण के मतदान के लिए आज सत्रह उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने पूर्वी चम्पारण से नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि वो अंतिम बार चुनाव लड़ रहे हैं इधर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने महाराजगंज रमा देवी ने शिवहर और संजय जयसवाल ने पश्चिम चम्पारण से भाजपा उम्मीदवार के रूप में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जदयू के बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने वाल्मिकीनगर से पर्चा भरा जबकि राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा ने पश्चिम चम्पारण और आकाश सिंह ने पूर्वी चम्पारण से नामांकन पत्र दाखिल किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पच्चीस अप्रैल को दरभंगा में जबकि तीस अप्रैल को मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

खराब मौसम का असर चुनाव प्रचार पर भी साफ तौर से दिखा मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट से कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका जिसके कारण एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को प्रदेश के विभिन्न सभास्थल तक सड़क मार्ग से ही जाना पड़ा मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि पूर्वी चंपारण दरभंगा मध्बनी मुजफ्फरपुर शिवहर समस्तीपुर गोपालगंज और सीवान के अधिकतर क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश की सम्भावना है इस दौरान कई इलाकों में ओलावृष्टि और वजपात भी हो सकता है मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक मजबूत सिस्टम बना है जिसके असर से मौसम के रूख में परिवर्तन देखा जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है दरभंगा में सबसे ज्यादा सैंतीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है इसके साथ ही सुपौल में सत्ताईस मिलीमीटर पूर्णियां में बीस मिलीमीटर फारबीसगंज में अठारह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है और उनसे भगवान महावीर के उपदेशों पर चलने की अपील की है मुख्य समारोह भगवान महावीर की जन्मस्थली नालंदा जिले के कुण्डलपुर में आयोजित किया गया है जहां देश विदेश के जैन धर्मावलंबी भाग लिया हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज सुबह निकाली गयी प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया मंत्रोच्चार के बीच भगवान महावीर की प्रतिमा का दुग्धामिषेक भी किया गया पावापुरी में भी भगवान महावीर का जन्मोत्सव समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है कुण्डलपुर में आज से दो दिवसीय राजकीय महोत्सव भी शुरू हो गया इधर जमुई जिले के लछुआड़ में भी जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गयी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया शिक्षा विभाग ने शेखपुरा जिले में प्रारम्भिक कक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक की राशि नहीं उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों एक भी दिन विद्यालय आने वाले स्कूली बच्चो को राशि दिए जाने का निर्देश दिया था नीति आयोग के दल ने आज आकांक्षी जिला के तहत चयनित शेखपुरा जिले में चलाये जा रहे पोषण और शिक्षा कार्यक्रम का निरीक्षण किया